संसदीय चुनाव के चौथे चरण का प्रचार अभियान आज शाम पांच बजे समाप्त हो गया इस चरण में प्रदेश के तराई अवध और बुन्देलखंड अंचलों की शाहजहांपुर हरदोई मिश्रिख इटावा और जालौन सुरक्षित सीटों समेत उन्नाव फर्र्रखाबाद कन्नौज कानपुर अकबरपुर झांसी और हमीरपूर सीटों के लिये उन्तीस अप्रैल को वोट डाले जायेंगे चौथे चरण के प्रचार अभियान के आखिरी दिन आज राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं और स्टार प्रचारकों ने अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं और रैलियां की वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कन्नौज में चूनावी रैली में सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों के पास आतंकवाद से लड़ने के लिए कोई योजना नहीं है उन्होंने कहा कि वैसे तो आतंकवाद के कारखाने पाकिस्तान में हैं लेकिन उनका निशाना भारत ही है मोदी ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्र की सूरक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी

दूसरी तरफ हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजो से तरक्को कर रही है उन्होंने कहा कि आज से पांच साल पहले देश में केवल दो कम्पनियां मोबाइल फोन बनाती थी जबकि आज एक सौ पच्चीस कम्पनियां मोबाइल फोन बना रही ह और सस्ते सेलफोन का लाभ आम नागरिकों को मिल रहा है श्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिये कर रही हैं श्री मोदी ने सीतापुर में भी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित किया उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर देश के युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाई जायेगी

आपके जेब में पैसा आएगा आप माल खरीदना शुरू करेंगे वैसे ही दुकानदार माल बेचना शुरू करेंगे जैसे ही दुकानदार माल बेचना शुरू करेंगे फैक्टारियां चालू हो जाएगी लाखों करोड़ों युवाओं को बेरोजगारी से कांग्रेस पार्टी निकालेगी न्याय योजना निकालेगी

भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सपा और बसपा ने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिये चुनावी गठबंधन किया है श्री सिंह आज बस्ती में पार्टी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद हरीश द्विवेदी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इन दोनों दलों ने यह गठबंधन श्री मोदी को सत्ता में आने से रोकने के लिये किया है हालांकि यह अपने मंसूबे में सफल नहीं होंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर के निगोही इलाके में एक जनसभा में कहा कि मोदी सरकार द्वारा देशहित में लिये गये कड़े फैसलों से जनता में भारी उत्साह है और यह चुनाव परिणामों में परिलक्षित होगा कन्नौज में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा उम्मीदवार डिम्पल यादव ने रोड शो कर लोगों से वोट मांगा इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा बसपा गठबंधन देश में नया परिवर्तन लाने के लिये बना है श्री यादव ने कहा कि नये भारत के लिये नई सरकार जरूरी है वहीं बाराबंकी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शहर में पार्टी प्रत्याशी तन्ज पूनिया के लिये रोड शो किया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

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का परिणाम आज घोषित कर दिया गया परीक्षा परिणामों की घोषणा करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पाण्डेय और परिषद की सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि इस साल हाईस्कूल का नतीजा अस्सी दशमलव शून्य सात प्रतिशत और इंटरमीडिएट का परिणाम सत्तर दशमलव शून्य छह प्रतिशत रहा है हाईस्कूल परीक्षा में कानपुर ज़िले के ओंकारेश्वर एसवोएन इंटर कॉलेज के छात्र गौतम रघुवंशी सत्तानवे दशमलव एक सात प्रतिशत अंक हासिल कर प्रदेश में पहले स्थान पर रहे हैं जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा में बागपत जिले के बड़ौत स्थित श्रीराम एसएम इंटर कॉलेज की तनु तोमर ने सत्तानवे दशमलव आठ शून्य प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है तनु ने इस सफलता का श्रेय गांव में रह रहे अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है

इसके अलावा बाराबंकी के श्रीसाई इंटर कॉलेज के हाईस्कूल के छात्र शिवम को सत्तानवे प्रतिशत अंक मिले हैं और उन्हें प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल हुआ है जबकि इसी जिले के महारानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज की तनुजा विश्वकर्मा ने छियानवे दशमलव आठ तीन प्रतिशत अंक हासिल कर तीसरा स्थान अर्जित किया है इंटरमीडिएट परीक्षा में गोण्डा जनपद के पंडित राजाराम उपाध्याय इंटर कॉलेज की भाग्यश्री उपाध्याय को पन्चानवे दशमलव दो शून्य प्रतिशत अंक मिले हैं और वह दूसरे स्थान पर रही हैं जबकि प्रयागराज जिले के कोरांव में संचालित एसपी इंटर कॉलेज की छात्रा आकांक्षा शुक्ला चौरानवे दशमलव आठ शून्य अंक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहीं

उस समय राज्य को मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती थीं

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी मिलों को बहुत ही मामूली कोमत पर बेचा गया एफ आई आर में सात लोगों पर उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की मिलों की खरीद में जालसाजो और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है पिछले साल अप्रैल में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए अधिसूचना जारी की थी अमेठी ज़िले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उददेश्य से मानव श्रृंखला और जागरूकता पाठशाला के आयोजन के साथ साथ नैतिक मतदान करने पर विशेष बल दिया जा रहा है

यहा पर सामान्य नागरिक आते है